अस्पतालों में बरती जा रही विशेष सतर्कता पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी

और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड तथा कनकनी बढ़ी

पटना उच्च न्यायालय ने दस हजार रूपये तक के दीवानी और छोटे फौजदारी मुकदमों की सुनवाई दो सप्ताह के भीतर ग्राम कचहरी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने सरकार और जिला जजों को आदेश देते हुये कहा कि थानों और अदालतों से वैसे मामलों का बयौरा इकट्ठा कराये जिसे ग्राम कचहरी को देखना है ग्राम कचहरी में पांच लोगों की न्याय पीठ होगी नई व्यवस्था अमल में आने के बाद न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आयेगी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 श्री मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के क्रम में एक जन सभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के चलते गरीबी दूर हुई है और कई बड़े परिवर्तन हुये हैं श्री मोदी ने कहा कि एक देश एक कर और एक राशन कार्ड जल्द ही एक सच्चाई होगी प्रदेश में कोरोना वायरस के दो और संदिग्ध मरीज मिले हैं ये नये मामले पश्चिम चम्पारण और भागलपुर में प्रकाश में आये हैं दोनों संदिग्ध मरीजों पर विशेष नजर रखी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि अब तक राज्य में चार संदिग्ध मामले सामने आये हैं उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारियों और महामारी रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जा रहा है इधर केन्द्र सरकार ने बिहार सहित सभी राज्यों को कोरोना वायरस के मामलों पर नजर रखने का निर्देश दिया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव प्रीति सुदन ने इस संबंध में सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चौबीस फरवरी से शुरू होगा इकतीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र में पच्चीस फरवरी को वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पेश किया जाएगा सत्र की शुरूआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी देश में और राज्य में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया जायेगा इस बजट में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली सहित अन्य विभागों को पर्यावरण सरंक्षण पौधा रोपण जल संरक्षण सहित अन्य कार्यो के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का उल्लेख एक स्थान पर किया जायेगा वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि ग्रीन बजट को लेकर आज पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया है पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है दैनिक सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने की राज्य सरकार की अपील नामंजूर कर दी हड़ताल के कारण पटना शहर के विभिन्न हिस्सों में जगह जगह पर गंदगी का अंबार लग गया है इधर पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने कहा है कि किसी भी कर्मी को नौकरी से नहीं हटाया जायेगा श्रीमती साहू ने कहा कि कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के संबंध में फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो इसे पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी जायेगी वहीं नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि इकतीस मार्च तक किसी भी दैनिक कर्मी को नौकरी ने नहीं निकाला जायेगा उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कम्पनी को मौजूदा दिहाड़ी मजदूरों और सफाई कर्मियों को नियोजन प्रक्रिया में प्राथमिकता देनी होगी प्रदेश में तालाब और पोखर के संरक्षण के लिए इक्कीस सदस्यीय आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है इसके अध्यक्ष पर्यावरण वन और जलवायु विभाग के मंत्री सुशील कुमार मोदी बनाये गये हैं वहीं अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त उपाध्यक्ष बनाये गये है बैंक जमा राशि पर बीमा कवर एक लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह बीमा कवर रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जमा बीमा और साख गारंटी निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है रिजर्व बैंक ने कहा कि जमाकर्ताओं को संरक्षण के एक बड़े उपाय के तहत यह कदम उठाया गया है तेज पछुआ हवा के प्रभाव के कारण अब भी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बना हुआ है कल पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण ठंड के साथ कनकनी बढ़ गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों तक तराई वाले जिलों और पटना में बारिश की सम्भावना बनी हुई है वहीं सात और आठ फरवरी को दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है देर रात तक नवादा गया रोहतास जमुई जहानाबाद भभूआ और नालंदा जिले में हल्की बारिश हई इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन चौरानवे परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया है सबसे अधिक मधेपुरा जिले में अठारह परीक्षार्थियों को कदाचार करते पकड़ा गया है वहीं रोहतास और सीवान से नौ नौ मधुबनी से आठ पटना तथा नालंदा से पांच पांच जबकि औरंगाबाद से सात परीक्षार्थी निष्कासित किये गये हैं बोधगया के बिहार सैन्य पूलिस मैदान में सेना भर्ती अभियान शुरू हो गया है इसके तहत पहले दिन ग्यारह जिलों के अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया इस बहाली अभियान के अन्तर्गत सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क और स्टोर कीपर पदों के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जा रही है इधर पश्चिम चम्पारण जिले में एसएसबी सिपाही बहाली के क्रम में एक फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मिकी नगर बाघ अभयारण्य के मदनपूर रेंज में आग लगने से बड़े पैमाने पर वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा है करीब दो एकड़ में लगे पेड़ पौधे आग के कारण जलकर नष्ट हो गये वन विभाग के कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग बुझा ली आशंका जतायी जा रही है कि अतिक्रमणकारियों ने आग लगाई थी सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में दोषी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अदालत ने दोषी पर पन्द्रह हजार रुपये का जुर्माना भी किया है वहीं दूसरा आरोपी दिनेश प्रसाद अभी फरार है इधर बांका जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या एक के मामले में पति समेत तीन लोगों के सात सात साल की सजा सुनाई पटना के खगौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने आभूषण की एक द्वकान से नब्बे लाख रुपये मूल्य के जेवर लूट लिए पुलिस सूत्रों ने बताया कि ग्राहक बनकर आये अपराधियों ने दुकानदार समेत वहां मौजूद सभी लोगों को केमिकल का स्प्रे कर बेहोश कर दिया इसके बाद अपराधी अभूषण लूट कर फरार हो गए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही अंडर नाईनटीन विश्व कप टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को दस विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया इस मैच में दरभंगा के सुशांत मिश्रा शानदार तेज गेंदबाजी करते हुये तीन विकेट लिये रविवार को होते वाले फाइनल में भारत का सामना ब्रहस्पतिवार को होने वाले बांग्लादेश न्यूजीलैंड मैच के विजेता से होगा पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रूप के मुकाबले में अरूणाचल प्रदेश ने मेजबान बिहार के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है पहले दिन का खेल खत्म होने तक अरूणाचल प्रदेश ने छह विकेट पर दो सौ तिरासी रन बना लिये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना नगर निगम कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी राज्य के नगर निकायों में आउटसोर्सिंग से बहाली का मामला दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगी प्राथमिकता वहीं प्रभात खबर ने लिखा है हड़ताल से सफाई व्यवस्था ठप शहर की सड़कों पर जमा हो गया बारह सौ टन कचरा दैनिक भास्कर की सुर्खी है बालिका गृहकांड पर सुनवाई पूरी फैसला ग्यारह को आज अखबार ने निर्भया कांड की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है फांसी देने के मामले में आज हाई कोर्ट सुनायेगा फैसला

अस्पतालों में बरती जा रही विशेष सतर्कता पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी

और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश में ठंड तथा कनकनी बढ़ी